बजट में शिक्षा कृषि और आधारभूत संरचना के विकास पर जोर

उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का बजट विधान सभा में पेश किया इस बार बजट आकार दो लाख पांच सौ एक करोड़ रुपये का है जो वित्तीय वर्ष दो हजार चार पांच की तुलना में नौ गुणा अधिक है बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की विकास दर देश में सबसे अधिक ग्यारह दशमलव तीन प्रतिशत है जो राष्ट्रीय विकास दर से चार प्रतिशत से अधिक है वहीं राजकोषीय घाटा भी तीन प्रतिशत के अंदर बना हुआ है

वहीं लड़कियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए छप्पन करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है दो सौ अस्सी सूखा प्रभावित प्रखंडों के किसानों को इनपुट सब्सिडी के तहत सीधे उनके बैंक खातों में अब तक नौ सौ एक करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं

इसके लिए पांच हजार आठ सौ सताईस करोड़ रुपये का आवंटन बजट में किया गया है जर्जर बिजली तारों को बदलने के लिए दो हजार आठ सौ सताईस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

छपरापूर्णिया समस्तीपुर बेगूसराय सीतामढ़ी वैशाली झंझारपुर सिवान बक्सर भोजपुर और जमुई जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी वहीं आयुष्मान भारत योजना के लिए तीन सौ पेंतीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है पटना के पीएमसीएच के विकास के लिए पांच हजार पांच सौ चालीस करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है पटना के ही आईजीआईएमएस में एक सौ वेड के राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण होगा श्री मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हरेक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करने का है उग्रवाद प्रभावित जिलों के विकास के लिए बारह सौ अठाईस करोड़ रुपये का आवंटन बजट में किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए एक हजार चौहत्तर करोड़ रुपये और सड़कों की मरम्मत के लिए छह हजार छह सौ चौवन करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है बजट में पैक्सों के लिए सोलह सौ बानवे करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी गयी है पटना में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक सौ दस करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल सितम्बर महीने तक प्रदेश के सभी थानों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर है और यही कारण है कि प्रति व्यक्ति वार्षिक आय चार हजार सात सौ चौंसठ रूपये बढ़ी है श्री मोदी ने केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद जतायी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की अवमानना के मामले में दोषी करार दिये गये सीबीआई के तत्कालीन अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव और जांच एजेंसी के अभियोजन निदेशक एस भासू राम को सजा के तौर पर अदालत की कार्यवाही खत्म होने तक कोर्ट रूम में बैठे रहने का आदेश दिया साथ ही अदालत ने दोनों अधिकारियों पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है दोनों ही अधिकारियों को मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी ए के शर्मा का तबादला करने के मामले में यह सजा सुनायी गयी न्यायालय ने सीबीआई को इस कांड की जांच कर रहे अधिकारियों की यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया था बावजूद इसके एम नागेश्वर राव ने जांच अधिकारी का तबादला कर दिया था श्री राव और भासू राम सजा सुनाये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की विजिटर्स गैलरी में पूरे दिन बैठे रहे कल इस मामले की सुनवाई के दौरान एम नागेश्वर राव की ओर से अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी थी लेकिन न्यायालय ने उन्हें खुद पेश होने का आदेश दिया था केन्द्र सरकार ने देश भर के वकीलों को आज आश्वस्त किया कि वह उनकी मांगों को पूरा करने का हरसंभव प्रयास करेगी विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा कि सरकार का इस मुद्दे पर सकारात्मक रूख है और वकीलों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा श्री प्रसाद शून्यकाल में उठाये गये इस मदुदे का जवाब दे रहे थे देश भर के वकीलों ने आज पेंशन समेत अदालतों में बेहतर ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया पटना उच्च न्यायालय सहित प्रदेश की अधिकतर अदालतों में वकीलों के विरोध के कारण आज कोई कामकाज नहीं हो सका महागठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद सतह पर आ गया है हिन्द्रस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आज खुलकर बगावत कर दी उन्होंने कहा कि महागठबंधन में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है श्री मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को उपेन्द्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से अधिक सीटें मिलनी चाहिए उन्होंने कहा कि वे किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं श्री मांझी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो वे अलग रास्ता अपना लेंगे इस बीच कांग्रेस ने आलाकमान के निर्देश पर प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों के लिए तीन तीन संभावित उम्मीदवारों के नामों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है वहीं राजद में भी अब तक सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है सूत्रों ने बताया कि दावेदारों की अधिक संख्या होने के कारण पार्टी नेतृत्व अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं ले सका है प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में फर्जी नामांकन के जरिए कथित तौर पर सरकारी राशि के गबन के मामले की जांच निदेशक प्राथमिक शिक्षा से कराई जायेगी आज विधानसभा में इस संबंध में हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने ये आदेश दिया वहीं शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने इस मामले में सरकारी राशि के गबन से इंकार करते हुए कहा कि सरकार नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति के आधार पर योजनाओं का लाभ देती है वहीं एक ध्यानाकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य के विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजतन सिन्हा आज अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गये पटना में आयोजित मिलन समारोह में जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की उपस्थिति में श्री सिन्हा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की

बजट में शिक्षा कृषि और आधारभूत संरचना के विकास पर जोर